श्री मोदी ने शुक्रवार को लोगों से ऐसी ही अपील की थी इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना है

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि दीया जलाते समय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें घर के भीतर रहें और समूह में एकत्र न हों उन्होंने फिर कहा कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित दूरी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है बाइट इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है

उन्होंने यह भी कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटी बजाने से इस चुनौतीपूर्ण समय में देशवासियों को अपनी एकता का आभास हुआ है नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात दिया और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग न करें क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई को लेकर सरकार अपना काम कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना समाज के सहयोग के सफल नहीं होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे इसके लिये समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने आस पड़ोस का ध्यान रखे और हर घर में चूल्हा जले मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता जाति धर्म सम्प्रदाय से परे हैं अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ के लोक भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिलाधिकारी अपने अपने कंट्रोल रूम का निरन्तर निरीक्षण कर अनूश्रवण करें जिलाधिकारी जनपद के कोरोना वायरस के प्रसार वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके सैनेटाइज कराये जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि तबलीगी जमात में सम्मिलित होने वाले लोग जिनकी जांच पॉजिटिव आई है उनके उपचार में कोई कमी न की जाये और उन्हें सघन निगरानी में रखा जाये

मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश से जुड़े केन्द्रीय मंत्रियों सांसदों और धर्मगुरूओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए लॉकडाउन का पालन कराने में जनता का सहयोग बढ़ाने की अपील की उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चरणबद्ध ढंग से हटाया जायेगा उन्होंने सांसदों से लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिये राज्य सरकार द्वारा लागू योजनाओं को पात्र परिवारों तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की

मुख्यमंत्री ने कल विधान सभा एवं विधान परिषद सदस्यों के साथ लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान विधायकों से यूपी कोविड केयर फंड में विधायक निधि से एक करोड़ रूपया प्रदान करने और अपना एक माह का वेतन भी फंड के लिये उपलब्ध कराने की अपील की उन्होंने कहा कि विधायक जनता को यूपी कोविड केयर फंड में योगदान करने के लिये प्रेरित कर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी कोविड केयर फंड के माध्यम से राज्य में मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों का क्षमता विस्तार किया जायेगा

श्री योगी ने बताया कि पीपीई किट वेन्टीलेटर्स ट्रिपल टियर मास्क टेलीमेडिसिन सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई गई है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

भारतीय जनता पार्टी के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से बातचीत की

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाये इस बारे में भी जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे

इस प्रकार की जानकारी उन्होंने लिया और उन्होंने सुझाव भी मांगा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाये इस पर सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में ठीक प्रकार से सावधानी पूर्वक काम भी करें और सुझाव भी लिये अब देखिये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा दिशा निर्देश जरूर जारी होगा

उन्होंने बताया कि घरों की लाइट बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाये रखने के सभी इंतजाम किये गये हैं देश के बिजली ग्रिड बहुत मजबूत और स्थिर है उनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी

बाकी जो इक्यूमेंट है बिजली से चलने वाले उपकरण है वह बिल्कुल चलते रहेंगे स्ट्रीट लाइट हमारी ऑन रहेंगी क्योकि इंडस्ट्री हमारी बंद है तो इंडस्ट्री का लोड अब है नहीं कामर्शियल जो हमारे लोड है वह भी हमारा न के बराबर है तो उसका एक खाका हम लोगों ने तैयार किया केन्द्र के साथ हमारा लगातार समन्वय है ग्रिड पर कोई खतरा नहीं है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मिलकर हम सब लोग अपने घरों के आगे रोशनी करें हम सब लोग एकजुट है प्रधानमंत्री जी के आहवान पर पूरा देश एकजुट है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन कराने में जनता का सहयोग मिल रहा है उन्होंने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ ही जो भी पुलिस पर हमला करने का प्रयास करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी जरूरत पड़ी ता राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जायेगा बाइट पुलिस जब लॉकडाउन का अनुपालन कराने में सहायता ले रही है अधिकांश का सहयोग हमको मिल रहा है लोगों का कुछ जगहों पर ऐसे दृष्टांत आये हैं जहां हमले हुए है पुलिसकर्मियों के जब उन्होंने मना किया है लोगों के बाहर निकलने से देखिये हमको लॉकडाउन सुनिश्चित कराना है यह एक आवश्यक है तो जो लोग यह कर रहे है उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करी जा रही है हम एफआईआर दर्ज कर रहे है उनके खिलाफ उनको अरेस्ट कर रहे हैं और अगर आवश्यक महसूस होगी कुछ केसेस में तो हम नेशपल सिक्योरिटी एक्ट के जैसे कड़े प्रावधानों का मी इस्तेमाल करेंगे डीजीपी श्री अवस्थी ने कहा कि लोगों को समझाने के लिए पुलिस लगातार धर्मगुरुओं और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद ले रही है